प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रदेश के विद्यार्थी उत्साहित ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हल्का हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी किन्नौर के सुंगरा में भूस्खलन से अवरूद्ध मार्ग बहाल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके अलावा अन्य विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने पर भी मुहर लगाई गई प्रदेश के जलाश्यों में मछली के मूल्यों में एकरूपता लाने मछली को एक ब्रैंड बनाने और इसके उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई यह परियोजना गोबिंद सागर झील में लागू की जाएगी बैठक में वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके

उन्होंने शिमला में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को अपना त्यागपत्र सौंपा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजीव बिंदल ने दो वर्ष छः दिनों का कार्यकाल पूरा किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राजीव बिंदल के दो वर्ष के कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलने के स्वभाव के कारण विधानसभा का संचालन सुचारू रूप से हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

यह उद्योग कांगड़ा सिरमौर बिलासपुर सोलन ऊना और शिमला में स्थापित किए जाएंगे बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

यह उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी

इसमें देशभर के दो हज़ार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री इस दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए छात्रों के सवालों के जवाब भी देंगे

इससे तापमान में गिरावट आई है और जबर्दस्त ठंड का दौर जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है हालांकि घाटी में पिछले दिनों भारी बर्फबारी से अवरूद्ध सड़कों और बाधित बिजली व पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास जारी है जिले के मौजूदा हालात को लेकर आज केलंग में एसडीएम अमर नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए नेगी ने संबंधित विभागों को पेयजल और बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने सहित अस्पताल तक जाने वाली सड़कों से जल्द बर्फ हटाने को कहा

जिले में बर्फबारी से कई पंचायतों में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है जिससे लोग परेशान है किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि रिकांगपिओ में लोगों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है चम्बा व कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हो रहा है इधर राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में बाद दोपहर से रूक रूक कर हल्की वर्षा हो रही है निचले जिलों में दिनभर बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में वर्षा भी हुई

उड़ान चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए आज निर्धारित उड़ाने न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा पांगी कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में पांगी घाटी के लिए जल्द हवाई उड़ाने कराने की मांग की गई है संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने कहा कि घाटी के लिए इस सीजन में एक भी उड़ाने नहीं हो पाई है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से पांगी के लिए नियमित उड़ाने और प्रस्तावित चैहणी पास सुरंग का निर्माण करवाने की मांग की है प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्परोधी तकनीक से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं

कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने मिस्त्रियों को भूकंपरोधी तकनीक से घर बनाने की बारीकियों से अवगत कराया ताकि आपदा के समय नुक्सान को कम किया जा सके परिषद के वैज्ञानिक गोपाल जैन ने बताया कि सभी जिलों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि भूकम्प के खतरे को कम किया जा सके